भारत और पाकिस्तान गलियारे को खोलने के लिए एक समझौते पर हस्तक्षर करेंगे

भारत ने सेवा श्ल्क लगाने में पाकिस्तान के अड्रियल रवक्षे पर निराशा व्यक्त की भारत पाकिस्तान से लगातार आग्रह कर रहा हा कि श्रद्वाल्ओं की श्रद्वा को देखते हये उसे सेवा श्ल्क नहीं लेना चाहिए

इन परियोजनओं को मेक श्रेणी के अंतर्गत आगे बढ़ाया जायेगा और इन से निर्जी क्षेत्र स्वदेशी अन्संधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा

वहीं सहयोगी बिजली उत्पादन इकाइयां टैंको की अग्नि शमन प्रणाली और रात में युदव करने की क्षमता में वृद्वि करेगी तीसरी स्वदेशी परियोजना पर्वतीय और ऊचाई वाले स्थानों में छिप कर काम करने वाली इलक्ष्ट्रोनिक प्रणाली से सम्बधित हण रक्षा अन्संधान और विकास संगठन भारतीय उद्योग की भागीदारी में इसका डिजाइन तष्टार करेगा और विकास व निर्माण करेगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र तोमर ने कहा हा कि कृषि के लिए खादों और पोषक तत्वों का संत्लित प्रयोग समय की जरूरत हण उन्होंने कहा कि खादों के बे इन्तेहा इस्तेमाल से भूमि की उपजाऊ शकित खत्म हो रही हण श्री तोमर ने आज कृषि मंत्रालय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय दवारा संय्क्त तौर पर नई दिल्ली में खादों के प्रयोग बारे एक कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे

एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हये उन्होंने कहा कि लोगों ने उनकी सरकार दवारा किये गये कामों पर विश्वास जताया हा और यह इसी का परिणाम हा

म्ख्यमंत्री ने कहा कि वे दूसरी बार सरकार बनने पर भी बिना भेदभाव के सबकी बेहतरी के लिए काम करेंगे उन्होंने कहा कि सरकार य्वाओं की उपेक्षाओं पर खरी उतरेगी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ट नेता व केन्द्रीय मंत्रीकृष्ण पाल ग्र्जर ने कहा ह कि प्रदेश में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं ह कांग्रेस को अपने हालात पर विचार करना चाहिए

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में अपने निवास स्थान पर महत्वाकांशी घ्रव कार्यक्रम के लिए चुने गये बच्चों के साथ बातचीत की

इस अवसर पर मानव संसाधन राज्य मंत्री संजय थोत्रे और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे

उन्होंने बतायाकि स्ट्रोंग रूम जहां ईवीएम मशीने रखी गई है वहां वीडियो कमरे भी लगाये गये है ताकि मशीनों तक कोई पहंचने का प्रयास न करें

राज्य प्लिस के सभी प्लिस आय्क्तों रेंज के अतिरिक्त प्लिस महानिदेशकोंप्लिस महानिरीक्षकों एवं जिला प्लिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों सहित तमाम प्लिसबल ने पिछले एक महीने से दिन रात कड़ी मेहनत व योजना बना कर आदर्श आचार संहिता को लागू किया